आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को प्रभावी और सुदृढ़ बनाने को कहा प्रदेश सरकार ने कोविड नाइन्टीन की रोकथाम और बचाव के लिए घरों से बाहर निकलने पर फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य किया

कुल मरीजों की संख्या बढ़कर चार सौ दस हुई

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में मेडिकल सैनिटाइजेशन और डोर स्टेप डिलीवरी टीमों के आवागमन को ही अनुमति होगी मुख्यमंत्री ने हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिये व्यवस्थाओं को और प्रभावी तथा सुद्रढ़ बनाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री कल लखनऊ में प्रदेश में लागू लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि हॉट स्पाट वाले क्षेत्रों को सेक्टरवार विभाजित करते हुए मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जाये

उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलने पर हर व्यक्ति फेस कवर या मास्क का प्रयोग करे और बिना फेस कवर के बाहर न निकले मुख्यमंत्री ने लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने और इसके व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दियँ

इसमें से सात हजार सात सौ चौहत्तर करोड़ रुपये महामारी से उत्पन्न आकस्मिक स्थिति से तुरंत निपटने के लिए उपयोग किये जायेंगे शेष राशि मिशन मोड के तहत एक से चार वर्ष के लिए उपयोग की जायेगी इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चौबीस मार्च को राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए कहा था कि केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस रोगियों के उपचार और देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजुबत करने के लिए पन्द्रह हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इसके लिये बाजार में मिलने वाले तीन परत वाले मास्क का प्रयोग किया जा सकता है या किसी साफ कपड़े से तीन परतों वाला मास्क बनाया जा सकता है फेस कवर या मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा रूमाल दुपट्टा इत्यादि को भी मास्क के रूप में प्रयोग किया जा सकता है बिना फेस कवर या मास्क के घर से बाहर निकलना एपिडेमिक डिजीज एक्ट का उल्लंघन माना जायेगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी प्रदेश में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में बारह हजार दो सौ छब्बीस लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है उन्होंने बताया कि अब तक तेरह लाख से अधिक वाहन चेक किये गये जिनसे पांच करोड़ इकसठ लाख रूपये का जुर्माना वसूला गया

आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में राज्य के पंचायती राज विभाग के मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि साफ सफाई के कार्य के अलावा गांवों में जमीनी स्तर पर क्वारंटीन केंद्रों पर सुविधाएं दी जा रहीं हैं समी ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आये लोग के बारे में जानकारी एकत्र कर के जो बाहर से लोग आये हैं उनकी सूचनायें जिला अधिकारी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराई गई हैं पूरे प्रदेशमर में जो लोग बाहर से आये हैं उनकी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी विधयालयों में पंचायत भवनों में क्वारेन्टाइन करने की उनके रहने की व्यवस्था खानेपीने की व्यवस्था विद्युत विभाग के सचिवों के माध्यम से प्रधानों के माध्यम से की जा रही है श्री चौधरी ने कहा कि पंचायती राज विभाग कोविड नाइन्टीन से संबंधित जागरूकता लाने के काम में सक्रिय रूप से जुटा है तथा विभाग के कर्मचारियों और प्रधानों ने यूपी कोविड केयर फण्ड में अपना एक दिन का वेतन दिया है विमाग के सभी आधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनों एक दिन का वेतन कोरोना केयर फंड जो माननीय मुख्यमंत्री ने बनाया है उसमें एक दिन का वेतन भी हम लोगों ने दिया है सभी जिला पंचायतों में जो उनका जिला निक्षि होती हैं उस जिला निधि को भी कोरोना केयर फंड के लिये जिला पंचायतों से भी आग्रह किया गया है

मुस्लिम समुदाय को लिखे पत्र में दारूल उलूम के मोहतमिन मौलाना अब्दुल कासिम नोमानी ने कहा कि सरकार ने कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण लॉकडाउन लागू किया है और इसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है उन्होंने कहा कि इस्लामिक कानून भी लोगों को सरकारी निर्देशों का पालन करने की सलाह देता है इसलिए सभी मुसलमानों को लॉकडाउन का पालन करने और सतर्क रहने की जरूरत है

राज्य में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या चार सौ दस हो गई है इनमें से आधे से ज्यादा मरीज तबलीगी जमात से सम्बद्ध हैं प्रदेश के चालीस जिले अब तक कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुके हैं सबसे अधिक तिरासी मामले आगरा में हैं गौतमबुद्ध नगर में तिरसठ मेरठ में अड़तीस लखनऊ में उन्तीस गाजियाबाद में पच्चीस सहारनपुर में बीस शामली में सत्रह और सीतापुर में दस व्यक्तियों में अब तक कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है राज्य में इकत्तीस मरीज पूरी तरह स्वस्थ भी हुए हैं प्रदेश में सबसे अधिक तिरासी लोग आगरा जिले में कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं इनमें से तैंतालीस तबलीगी जमात से जुड़े हैं जिले में कल उन्नीस नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पृष्टि हुई जनपद में कोरोना संक्रमण के बाईस हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जिन्हें सीज कर दिया गया है जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि सीज किए गए इलाकों में लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी है और सभी निवासियों को आवश्यक वस्तुएं उनके घरों पर ही उपलब्ध करायी जा रही हैं

सभी ग्यारह मामले तबलीगी जमात से जुड़े हैं जनपद में तीन इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील किया गया है इन इलाकों में प्रशासन लोगों के घरों पर सभी आवश्यक सुविधाए उपलब्ध करा रहा है जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने लोगों से घरों में रहने और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील की है मुजफ्फरनगर जिले में चार लोगों में कोरोना संक्रमण की पृष्टि हुई है इनमें से तीन तब्लीगी जमात से जुड़े हैं प्रशासन ने उन सभी इलाकों को सील कर दिया है जहां ये लोग ठहरे थे इसके अलावा जिले में एहतियातन दो सौ से अधिक लोगों को क्वारंटीन किया गया है ए डी एम प्रशासन अमित सिंह ने लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील की है

जिलाधिकारी रूपेश कुमार ने अन्य अधिकारियों के साथ कल इस क्षेत्र का दौरा किया और पूरे इलाके को सैनेटाइज कराने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि पूर्ण बंदी के दौरान इलाके की समी द्कानें बंद रहेंगी और लोगों को आवश्यक वस्तुएं उनके घरों तक पहुंचायी जाएंगी

कुल पैंतीस लाख बत्तीस हजार पांच सौ रूपये की धनराशि राहत कोष में जमा करायी गयी है मऊ जिले में सीबीएसई बोर्ड एसोसिएशन ने छह लाख तिरपन हजार रूपये की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष और जिला स्तर पर स्थापित अन्य कोषों में जमा करायी है जिलाधिकारी ने बताया कि जिले से मुख्यमंत्री राहत कोष में अब तक चौदह लाख दो हजार रूपये का योगदान दिया गया है मैनपुरी जिले में पंद्रह अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं खरीद के लिए तिहत्तर क्रय केंद्र बनाए गए हैं जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने किसानों से सरकारी खरीद केंद्रों पर ही निर्धारित समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का अनुरोध किया है उन्होंने इसके लिए किसानों से खाद्य विभाग के पोर्टल एफ सी आई डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन पर पंजीकरण कराने को कहा है उन्होंने बताया कि इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार नौ सौ पच्चीस रूपये है